राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर सैतालीस प्रतिशत हो गई है अब तक दो हजार नौ सौ चौवालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

वहीं सक्रिय मामलों की कुल संख्या तीन हजार दो सौ इक्यावन हो गई है

एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कपड़े के बने तीन परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिये प्रेरित करने का आग्रह किया

उन्होंने कहा है कि आम लोगों को इस तरह के मास्क का दुरूपयोग करते भी देखा गया है उन्होंने जन सामान्य के उपयोग के मास्क और मुंह तथा चेहरा ढकने के अन्य उपायों के बारे में लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्क संबंधी परामर्श को देखने का भी आग्रह किया

पुणे की इस कंपनी के प्रमुख अडर पूनावाला ने कल मुंबई में एक निजी चौनल के साथ बातचीत में इसकी जानकारी दी

उन्होंने कहा कि इससे इन देशों के कुल तीन अरब लोगों को फायदा होगा वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के बढते संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सामाजिक द्री बनाए रखने और फेस कवर लगाने की सलाह दी जा रही है यही कारण है कि अब गुमला में लोगों ने स्वतः लॉकडाउन करने का निर्णय लेना शुरू कर दिया है

इसी के तहत इन दिनों कोडरमा के झ्मरीतिलैया नगर परिषद और कोडरमा नगर पंचायत में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है इस दौरान लोगों को साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़े के तहत शहरी इलाकों में डोर टू डोर सफाई अभियान चलाकर सफाई की जा रही है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

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन की प्रोफेसर डॉ अपर्णा अग्रवाल चर्चो में भाग लेंगी

देश के नवनिर्वाचित पैतालीस राज्यसभा सदस्यों ने आज संसद में भवन में शपथ ली इनमें झारखंड से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश भी शामिल रहे शपथ ग्रहण के बाद दीपक प्रकाश आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष तथा नवनियुक्त राज्यसभा सांसद शिब्र सोरेन ने आज शपथ नहीं ली पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडेय ने बताया कि श्री सोरेन बाद में चालू सत्र के दौरान शपथ लेंगे

मौके पर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निदान का आदेश दिया गया इस दौरान उपायुक्त के समक्ष ज्यादातर मामले जमीनआवासपेंशन नियोजन और मानदेय भुगतान से संबंधित आए हजारीबाग जिले में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान मनरेगा योजना के तहत टीसीबी कटिंग का काम किया जा रहा है इस कार्य से न केवल मजदूरों को रोजगार मिल रहा है बल्कि जल संरक्षण की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण पहल है भूमि रैयत और कार्य कर रहे अजय कुमार ने बताया कि उनकी जमीन से होकर बरसात का पानी बह जाया करता था लेकिन इस योजना से पानी जमा हो सकेगा वहीं योजना का कार्य कराने वाले मो परवेज ने बताया कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी की जाएगी जिसका लाभ गांव वालों को मिलेगा वहीं दूसरी ओर मनरेगा में रोजगार मिलने से मजदूरों में भी खुशी की लहर है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन संस्थान जेएसएलपीएस के अनुबंधकर्मी तीन दिनों के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं इससे पूरे राज्य में कामकाज बाधित हुआ है रामगढ़ में संस्था के परेसिडेंट जीतेंदर कुमार ने बताया कि इन अनुबंध कर्मियों के राज्यव्यापी सामूहिक अवकाश से जनकल्याणकारी योजनाए धीमी पड़ गई हैं इस सामूहिक अवकाश में पूरे राज्य के करीब एक हजार अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं जो वर्तमान सरकार से बारह सूत्री मांगों की गुहार लगा रहे हैं झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी इधर एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में जेएसएससी द्वारा अमीन सहित अन्य पदों पर की गई नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई इस दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया इस पर वादी के अधिवक्ता ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने की गुहार लगाई जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस जेईई और एनडीए की परीक्षा एक ही दिन न हो उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथि को लेकर विद्यार्थियों से कई अनुरोध मिले हैं और स्थिति की जांच की गई है मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन न हों गिरिडीह जिले के सरिया में रेल ओवरब्रिज निर्माण के मामले में जिला प्रशासन रेलवे और जनप्रतिनिधियों के बीच कल हुई बैठक बेनतीजा रही कोडरमा की सांसद अन्नप्रर्णा देवी ने कहा कि गिरिडीह जिले के सरिया में हावड़ा नई दिल्ली रेल रुट पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग एक दशक पुरानी है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द ओवरब्रिज बने वहीं स्थानीय लोगों की चिंता है कि ओवरब्रिज बनने पर सरिया बाजार खत्म हो जायेगा बैठक में आम सहमति से ओवरब्रिज बनाने पर चर्चा हुई बैठक में बगोदर के भाकपा माले विधायक विनोद सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे

हालांकि इसके बाद भी जिले में शाम के बाद रुक रुक कर बारिश होती रही

इसके साथ ही पूरे राज्य में वज्रपात की भी संभावना है मौसम विभाग ने इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है

हालांकि पारम्परिक अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न कराए जाएंगे पावन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा कल जम्मू कश्मीर र्व के उप राज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया श्री मुर्मू श्राइन बोर्डे के अध्यक्ष भी हैं श्रद्वालु टेलीविजन से सीधे प्रसारण के माध्यम से पावन हिमलिंग के दर्शन कर सकते हैं